कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी चिन्ह पर च्नाव ना लड़ने को हार की वजह बताया

हरियाणा के पांच नगर निगमों में मेयर पद के लिये च्नाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने बड़ी जीत दर्ज की है यमूनानगर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मदन चौहान ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राकेश काका को चालीस हजार छ सौ अठहतर मतों से हराया है

करनाल में भारतीय जनता पार्टी की महिला उम्मीदवार रेण् बाला ग्प्ता ने मेयर पद का च्नाव जीता है उन्होंने अपनी विरोधी इनैलो बसपा उम्मीदवार आशा वाधवा को हराया है

उधर हिसार में बीस वार्ड में से भारतीय जनता पार्टी के केवल सात पार्षद ही जीते है वार्ड नंबर एक से निर्दलय उम्मीदवार अनिल जैन ने एक तरफ जीत हासिल की है

पानीपत में भारतीय जनता पार्टी की अवनीत कौर मेयर च्नी गई है

नव निर्वाचित मेयर अवनीत कौर ने जीत के बाद कहा कि वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और नगर के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी गौरतलब है कि इससे पहले उनके पिता भूपेन्द्र सिंह मेयर रह च्के है उधर पानीपत में कांग्रेस के इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है पानीपत के मेयर चूनाव के लिए प्रचार की कमान सम्भाल रहे परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि कांग्रेस हारने पर यही आरोप लगता है और जीतने पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लालने पांच नगर निगमों के च्नाव में मिली बड़ी जीत का श्रेय हरियाणा की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है उन्होंने च्नाव में जीत के लिये मतदाताओ का आभार जताया है उन्होंने जीत पर ख्शी जताते हए कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है उन्होंने कहा कि लोगों ने सबका साथ सबका विकास की नीति को स्वीकार किया है उधर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोर तंवर ने कहा है कि इस हार से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है ये कांग्रेससमर्थित उम्मीदवारों के लिये च्नाव प्रचार करने वालों की हार है उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस अपने च्नाव चिन्ह पर च्नाव लड़ती तो स्थिति बेहतर होती गौरतलब है कि पूर्व म्ख्यमंत्री भ्पेन्द्र सिंह हडडा ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के प्रचार किया और रोहतक उनका गढ़ भी माना जाता है बावजूद इसके उनके उम्मीदवार ज्यादा मत हासिल नहीं कर सके

इसके अलावा दो कांउटर और बनाये गये है जिसमें एक पर सीएम विंडो व द्सरे कांउटर पर हरसमय का कार्य किया जाता है ये सरल केन्द्र रेवाड़ी जिला सचिवालय में स्थापित किया गया है गौरतलब है कि नागरिकों को बेहतर स्विधाएं उलब्ध करने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सरल केन्द्रों की सथापना की है ताकि आम आदमी आसानी से अपना कार्य करवा सकें

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार वस्त् एवं सेवा कर यानि जीएसटी के सरलीकरण पर काम कर रही है

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों से प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की मंजूरी स्विधाजनक बनाने को कहा है मंत्रालय ने राज्यों को मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हए कल कहा कि वाहन मालिक डिजिलॉकर और एम परिवहन ऐप जैसे मोबाइल ऐप से ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण और बीमा प्रमाण पत्र दस्तावेज दिखा सकते हैं मंत्रालय ने कहा कि ट्रैफिक और परिवहन विभाग जैसी प्रवर्तन एजेंसियां ई चालान ऐप से एक साथ ये ब्यौरा हासिल कर सकती है

पंजाब और हरियाणा के क्छ भागों में पिछले क्छ दिनों से शीत लहर निरंतर बनी हई है जिसके चलते आज कई जगहों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे बना रहा

मौसम विभाग के अन्सार आने वाले क्छ दिनों तक ठंड की स्थिति ऐसे ही बने रहने की संभावना है